प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय परमाण् समयमापक और भारतीय निर्देशक द्रव्य को भी राष्ट्र को समर्पित किया और राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी नेशनल परमाण् समय मापक भारतीय मानक समय को दो दशमलव आठ नैनोसेकंड की सटीकता के साथ दर्शाता है भारतीय निर्देशक द्रव्य का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अन्रूप प्रयोगशालाओं को ग्णवत्ता आश्वासन उपलब्ध कराना है राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला औद्योगिक उत्सर्जन निगरानी उपकरणों के प्रमाणीकरण में आत्मनिर्भरता हासिल करने में सहायता करेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उद्योग उन्म्ख दृष्टिकोण से उपभोक्ता आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि द्रनिया भर में भारतीय ब्रांडों की स्वीकृति से देश में सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्योग और निर्यात में भी इजाफा होगा श्री मोदी ने कहा कि विज्ञान प्रौद्योगिकी और उद्योग के बीच बेहतर तालमेल किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है

राज्य सरकार के निर्देशों के अन्सार विद्यालयो में कोविड दिशानिर्देशो का पालन करते हुए क्लासरुम में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के अन्सार छात्रों को बैठाया गया और विद्यालय में सेनेटाइजेशन की व्यवस्था की गई थी कोविड महामारी के चलते करीब नौ महीने के बाद कक्षांए श्रु होने से विदयार्थियों में पछटाई को लेकर उत्साह देखा गया गौरतलब है कि राज्य सरकार ने चार जनवरी से विद्यालयों में कक्षा आठ नौ और ग्यारह की पढ़ाई श्रु करने का आदेश जारी किया था हालाकि अभी भी राज्य में प्री प्राईमरी से लेकर कक्षा सात तक की पढ़ाई श्रु नही हो पाई है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के टीके से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में बार बार प्रछे जाने वाले सवालों की एक श्रंखला प्रकाशित की है मंत्रालय ने कहा कि टीके की स्रक्षा और प्रभावकारिता स्निश्चित करने के लिए विभिन्न चरणों में इसके ट्रायल किये गए प्रारंभिक चरण में उच्चतर जोखिम वाले च्ने हए वरीयता समूहों को टीका प्रदान किया जाएगा

उन्होंने लोगो से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की इधर आई सी एम आर के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने कहा है कि कोविड वैक्सीन के बाद भी लोगो को ऐहतियात के तौर पर अनिवार्य रुप से मास्क लगाना होगा

इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोविड के पांच नए मामले सामने आए है और सात रोगी स्वस्थ हुए है राज्य में कोविड रिकवरी दर बढ़कर निन्यानवे दशमलव एक श्र्न्य हो गई है राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर तिरानबे रह गई है राज्यभर में रविवार को कोविड जांच के लिए तीन सौ पैतीस सैंपल एकत्र किए गए

मामले की सूनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे तेची मीना लिसी की हत्या में शामिल आरोपियों को जमानत न देते और फांसी की सजा देने की मांग को लेकर कई संगठनों के सदस्य नारे लगाते हए देखे गए उनका कहना था कि राज्य के इस जघन्य हत्याकांड की फास्ट ट्रेक कोर्ट में स्नवाई कर दोषियों को जल्द सजा दी जाए ताकि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर नियंत्रण पाया जा सके